दोनों प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के नेता प्रदेश में अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज बीना में चुनावी सभा कर रहे हैं वहीं रक्षामंत्री निर्मला सीतारमन भोपाल में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर रही हैं भोपाल में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि यह चुनाव युवाओं का चुनाव है उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी पर आरेप लगाया कि वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जिन बातों के लिये दोषी ठहरा रहे हैं वो बातें एक भी सिद्ध नहीं हई है रक्षामंत्री ने कहा कि देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सही दिशा में बढ़ रहा है दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुरैना के सबलगढ़ में आयोजित जनसभा में केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में उद्योग बंद हुये और बेरोजगारी बढ़ी है केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर का मुरैना में जनसभाओं को सम्बोधित करने का कार्यक्रम है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह गुना सागर और विदिशा लोकसभा सीटों के लिए और पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा संसदीय क्षेत्र में चुनावी सभाएं कर रहे हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ग्वालियर दतिया शिवपुरी और बीना में प्रचार कर रहे हैं

शत्रुघन सिन्हा कांग्रेस उम्मीदवार के लिए राजगढ़ में प्रचार कर रहे हैं वहीं जयाप्रदा का राजगढ़ और सागर जिले के खिमलासा में भाजपा के ओर से चुनावी सभाएं करने का कार्यक्रम है

भोपाल ससंदीय क्षेत्र में कल वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में मतदान सामग्री के वितरण और मतदान के बाद सामग्री की वापसी की मॉकड़िल की गई इसके अलावा प्रशिक्षण मतदाता जागरूकता के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का पहला और दूसरा परीक्षण का कार्य कल संपन्न हुआ बड़वानी और राजपुर विधानसभा क्षेत्रों के मतदान दलों का दूसरे चरण का प्रशिक्षण आज चल रहा है बड़वानी जिले में आज से घर घर जाकर मतदाता फोटो पर्ची का वितरण किया जा रहा है

ग्वालियर में चुनाव खर्च संबंधी प्रेक्षक सीएम सेम्पर ने कल एमसीएमसी कक्ष का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिये शाजापुर में कल सेक्टर अधिकारियों को विभिन्न चुनावी कार्यो का प्रशिक्षण दिया गया विशेष कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार एकांश के लोकसभा चुनाव पर केन्द्रित विशेष कार्यक्रम आपका वोट आपकी सरकार में आज रात आठ बजे से आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से सुनिए विदिशा भोपाल और राजगढ़ लोकसभा सीटों का हाल यहां के अहम मुददों पर लोगों की राय और सियासी समीकरणों का लेखा जोखा